थिम्पू के पारो अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग में श्री मोदी का स्वागत किया उन्हें एयरपोर्ट पर भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया श्री मोदी का यह द्सरा भूटान दौरा है

दो दिवसीय इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच करीब दस करार पर हस्ताक्षर हो सकते हैं भूटान में प्रधानमंत्री रायल विश्वविद्यालय के छात्रों को सम्बोधित करेंगे श्री मोदी पांच परियोजनाओं का उदघाटन भी करेंगे जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं

जम्म रेयासी सांबा कट्आ और उधमपुर में इंटरनेट सेवा शुरू की गई है

गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम ने कल कहा था कि राज्य में चरणबद्ध तरिके से टेलिफोन सेवाए बहाल की जाएगी सोमवार से घांटी में भी स्कूल खोल दिये जाएगे इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी चालू कर दिया जाएगा बिजली दर प्रदेश में आज से बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं अगले महीने उपभोक्ताओं को नई दरों के मुताबिक ही बिजली का बिल मिलेगा

बांध के गेट खोलने की वजह से नर्मदा घांटो पर सुरक्षा के इंतजाम किये गये हैं उधर मुरैना में हो रही लगातार बारिश से चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है श्योपुर में भी पार्वती नदी ऊफान पर है वहीं शिवपूरी में सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद मड़ियाखेड़ा डेम के गेट खोले गये थे एक तरफ जहां भारी बारिश से ज्यादातर जलाशय लबालब हो गये हैं वहीं ब्रंदेलखंड में स्थित तीन बांध अभी भी सूखे हैं जल संसाधन विभाग के कार्यकारी अभियंता कमलेश रायकवार ने बताया है कि अल्पवर्षा की वजह से छतरपुर जिले के बुरहा और गोरा बांध का जलस्तर नहीं बढ़ा है वहीं टीकमगढ़ जिले में स्थित बांध में भी पानी की दरकार है

कुछ समाचार संक्षेप में उमरिया जिले के बांधवगढ़ में एक और बाघ शावक का शव मिला है